विपक्ष पर वंशवाद और जातिगत राजनीति का लगाया आरोप

पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाई जा रही है नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्मर बना रहा है प्रधानमंत्री ने वचुर्अल माध्यम से कल वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लामार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से यह बात कही आज दुनिया का सबसे बडा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले दो चरणों में तीस करोड देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है आज देश में ऐसी इच्छाशाक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है

आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वेक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्मर है इतना ही नहीं भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है श्री मोदी ने लामार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्वाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के नवीकरण से समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश को मदद मिली है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया कि जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी तो ये वैक्सीन वैक्सीन चिल्ला रहे थे लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो वे इनमें खामियां निकाल रहे हैं कोई भी वैकसीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है शुरू में मुझ पे बढ़ा प्रेशर आता था वैकसीन जल्दी क्यों नहीं आती है वैकसीन कब लगाओगे अब राजनीति में तो इयर की भी बात होती है उषर की भी बात होती है तो मैं एक ही जवाब देता हूं वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे यह हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा हो कर के आया तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिये सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेन्ट्स से ही काम पड़ता है

मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्यकर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं

मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूं समाज का सुरक्षित समझ रही हूं मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है वाराणसी के पाण्डेय पुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीएचसी अस्पताल के डॉक्टर वी शुक्ल ने कहा कि लोग वैक्सीन से खुश हैं मैं डॉ वी शुक्ला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीन दयाल उपाध्याय वाराणसी से सब लोगों में काफी उत्साह है इतना कम समय में हम लोग एक विकासशील देश होते हुए भी विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैकसीन के मामले में आगे निकल गये हैं हमारा विकित्सक समुदाय और स्वास्थ्यकर्मी और ज्यादा गौरवानित हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैकसीनेशन के लिये चुना

प्रधानमंत्री ने सोलह जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरूआत की थी और प्राथमिकता वाले तीस करोड़ से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन देने की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में ज्यादातर राजनीतिक दल वंशवाद और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही बिना किसी भेदभाव के काम करती है और परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाने के खिलाफ है कल लखनऊ में बुथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं की सभा में श्री नड्डा ने कहा कि देश में करीब एक हजार पांच सौ राजनीतिक दल हैं और वे सभी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं श्री नड्डा ने कहा कि केवल भाजपा में ही लोकतंत्र है और कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है श्री नड्डा ने प्रबुद्व वर्ग को भी सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि हाल ही में आए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र कोविड महामारी का मजबूती के साथ सामना कर रहा है देश के दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को एक नई पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में वोकल फार लोकल थीम के साथ कल से चौबीसवां हनर हाट शुरू हो गया है यह चार फरवरी तक चलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका आज औपचारिक उदघाटन करेंगे हनर हाट के श्भारम्भ के मौके पर कल पत्रकारों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय अत्यसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अबास नकवी ने कहा कि देश के कोने कोने से आने वाले कारीगरों और दस्तकारों को हुनर हाट के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफार्म दिया जा रहा है प्रदेश में कोविड टीकाकरण अमियान जारी है राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिये सप्ताह में दो दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन तय किया है राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कल प्रदेश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया उन्होंने बताया कि सोलह जनवरी को प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया था इसके बाद शेष छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई वैक्सीनेशन के लिये प्रदेश में एक हजार पांच सौ सैंतीस बूथ बनाये गये हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी वरीयता क्रम के अनुसार वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्र आज नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप मना रहा है इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारम करेंगे केन्द्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर वर्ष तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारत अपने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा श्री मोदी ने कहा कि देश भर में इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक विशेष कार्यक्रम गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया जा रहा है नेताजी ने उन्नीस सौ अड़तीस के ऐतिहासिक हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था